मण्डी जिले के करसोग में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि ततापानी को मुख्य धार्मिक व पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने छः माह के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गो का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की आधरशिला भी रखी

उन्होंने पूर्व प्रदेश सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप भी लगाया

वन रक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कल शाम उन्होंने कहा कि वन संपदा के सरंक्षण में वन रक्षकों की अहम भूमिका रहती है

वन मंत्री ने बताया कि गर्मियों में वन संपदा को बचाने के लिए वन रक्षकों को सुरक्षा यंत्र दिए जाएंगे और क्राउन फायर से निपटने के लिए अगले वर्ष हैलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाएगा

इस अवसर पर वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव तरूण कपूर ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन उद्यान और पनविद्युत की अपार संभावनाएं उन्होंने वन रक्षकों से पौध रोपण व वन सुरक्षा कार्य में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया

कार्यशाला सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित करने के लिए विभाग द्वारा एक परियोजना तैयार की जा रही है नाहन में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि भारत सरकार से धनराशि प्रदान करने के लिए मामला प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सभी आध्निक सुविधाएं मिल सकें सहजल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है और इनके मानदेय में वृद्वि का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा इस मौके विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की समस्याओं से भली भांति परिचित है और उनकी मांगों के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों मे बच्चों के जीवन की नींव सुदृढ़ होती है बिंदल ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले के प्रवास के पहले दिन आज केलंग तिन्नो क्वारिंग कोलंग व जिस्पा सहित अन्य स्थानों पर जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाईड्रोपोनिक की खेती की शुरूआत लाहौल स्पिति से की जाएगी बाद में पूरे प्रदेश में इसे चरणबद्व ढंग से शुरू किया जाएगा कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए प्रदेश में दो सौ करोड़ की लागत से नई सौर सिंचाई योजना शुरू की जा रही है

उन्होंने कहा कि हस्तशिल्पियों की कलाकृतियों को सरकारी कार्यक्रमों में समृति चिन्हों में भी प्रयोग किया जाएगा उत्सव में मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के हस्तशिल्पी भी भाग ले रहे हैं

आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अप्पर नड्डी में लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है इस योजना से प्रदेश के एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे

उन्होंने कहा कि लोगों को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने व मौजूदा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ ही नई परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया है वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें वे आज शिमला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय में एक बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हनी मिशन कार्यकम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए वीरेन्द्र कश्यप ने आयोग द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी शिमला और सोलन सहित अन्य क्षेत्रों में लगाए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे उत्पाद के प्रचार प्रसार और विपणन में मदद मिलेगी उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति कार्यक्रम के तहत बीमा करवाने का आग्रह भी किया

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने दलाई लामा के स्वस्थ जीवन और दीर्घायू की कामना की किशन कपूर ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरू के उपदेशों के अनुसरण से विश्व में शांति और अहिंसा के वातावरण का निर्माण संभव है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उनके प्रयास व चिंतन प्रेरणादायी है उधर किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ के छोसखोरलिंग बौद्ध सेवा संघ ने भी इस मौके एक समारोह आयोजित किया विधायक जगत सिंह नेगी और संघ के लामाओं ने दलाई लामा की लंबी आयु और स्वस्थ्य जीवन की कामना की सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भावनाओं व नैतिकता का समावेश है और विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए छोटा शिमला स्थित केंद्रीय तिब्बतीयन विद्यालय में आज दलाई लामा के जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यकम में उन्होंने कहा कि तिब्बत से भारत के प्राचीन काल से ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और तिब्बत की सुरक्षा देश के लिए भी महत्वपूर्ण है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि तिब्बती धर्म गुरू दलाईलामा ने पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है शिक्षा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए तिब्बतीयन समुदाय के लोगों को भी सम्मानित किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग गांवों और आम लोगों से जुड़ा है और सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए पंचायतों को सीधे तौर पर धन मुहैया करवाया जा रहा है ऊना जिले के बंगाणा में पंचायत सचिवों तकनीकी सहायकों और कनिष्ठ अभियंताओं सहित अन्य कर्मचारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों से ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग को देश के लिए आदर्श बनाने के दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का आह्वान किया उन्होंने सांसद व विधायक निधि के तहत स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए लाहौल मटर लाहौल स्पीति जिले में इन दिनों मटर सीजन जोरो पर है और फसल के अच्छे दाम मिलने से किसान खूश है

किसानों का कहना है कि लाहौल घाटी में सब्जी मंडी ने होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कों की स्थिति ठीक न होने से व्यापारी भी उनका शोषण करते है